सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें केन्द्र ने राज्यों को महत्वपूर्ण एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की आप्र्ति बढ़ा दी है केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानन्द गौडा ने बताया है कि रेमडेसिविर के उत्पादन में तेजी होने से इसकी बढ़ी हई उपलब्यता की समीक्षा के बाद आवंटन योजना संशोधित की गई है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 रेमडेसिविर इंजेक्शन की पचहत्तर हजार शीशियों की पहली खेप आज भारत पहंचेगी रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनी एचएचएल लाइफ केयर लिमिटेड ने अमरीकी कम्पनी मेसर्स जीलीड साइंसेज और मिम्न की फार्मा कम्पनी मेसर्स इवा फार्मा से इस इंजेक्शन की चार लाख पचास हजार शीशियों का ऑर्डर दिया है उम्मीद है कि जीलीड साइंसेज कम्पनी एक या दो दिन में पचहत्तर हजार से एक लाख शीशियां भारत भेजेगी इसके अतिरिक्त पन्द्रह मई तक या इससे पहले इस इंजेक्शन की एक लाख शीशियों की आपूर्ति भी हो जाएगी इवा फार्मा शुरू में दस हजार इंजेक्शन की आपूर्ति करेगा बाद में प्रत्येक पन्द्रह दिनों में या जुलाई तक पचास हजार इंजेक्शन की आपूर्ति की जाएगी भारत के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में लगातार तेजी आ रही है और अब तक पन्द्रह करोड़ बाईस लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं विश्व के सदसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम में कल बाईस लाख चौबीस हजार से अधिक टीके लगाए गए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि टीकाकरण अभियान शरू होने के एक सौ चार दिन में बारह करोड चौवन लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है वहीं दो करोड सडसठ लाख से अधिक लोगों को दुसरा टीका भी लग चका है भारत के टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण कल से श्रू हो रहा है इसमें अटठारह वर्ष से अधिक आय के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन दी जाएगी बूधवार से पंजीकरण शुरू होने के बाद मात्र दो दिन में अब तक दो करोड़ पैंतालीस लाख से अधिक लोगों ने इस चरण में टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया है

राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है नम्बर है नौ तीन पांच चार नौ पांच चार दो दो चार राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह कदम गर्मवती महिलाओं को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों को देखते हए उठाया है देश भर में गर्मवती महिलाएं रात दिन किसी भी समय इस नम्बर पर आयोग से संपर्क कर सकती हैं आयोग की समर्पित टीम शिकायतों को जल्दी निबटाने के लिए दिन रात काम कर रही है केंद्र ने कहा है कि इकतीस मई तक पूरे देश में कोरोना संबंधी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि ये आपदा प्रबंधन कानून के अंतर्गत स्थिति का आकलन कर कोविड को नियंत्रित करने के उपाय लागु करें इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों से उन जिलों की पहचान करने को कहा था जहां संक्रमण की दर दस प्रतिशत से अधिक है अथवा जहां अस्पतालों में साढ प्रतिशत से अधिक बिस्तर भरे हैं प्रदेश सरकार ने सप्ताहांत में रात का कर्फयू एक दिन और बढ़ाने का फैसला किया है राज्य में अब शनिवार और रविवार के साथ साथ सोमवार को भी कर्फ़यू जारी रहेगा आज रात आठ बजे से शुरू होने वाला कर्फ़यू मंगलवार सुबह सात बजे तक जारी रहेगा राज्य में आयुष चिकित्सकों की भी सेवा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ली जाएगी राज्य में करीब पांच हजार आयुष डॉक्टर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड रोगियों के लिए बिस्तरों की संख्या बढाने का निर्देश दिया है राज्य में कोविड की स्थिति की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग से पन्द्रह हजार विस्तर बढ़ाने और चिकित्सा शिक्षा विभाग से अट्ठारह हजार विस्तर तत्काल बढ़ाने को कहा है इस बीच एक मई से टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए सरकार ने वैश्विक निविदा आमंत्रित करने का फैसला किया है राज्य सरकार पहले ही अठारह साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए एक करोड़ टीकों का ऑर्डर दे चुकी है राज्य में अठारह साल से ज्यादा उम्र के करीब नौ करोड़ लोग हैं